हाईडोक्सीक्लोरोक्विन दवा भेजने के भारत के निर्णय पर अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के आभार व्यक्त करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हए श्री मोदी ने एक टवीट में कहा कि भारत अमरीका भागीदारी वर्तमान में पहले के मुकाबले सबसे अधिक मजबत है उन्होंने कहा कि वर्तमान संकट जैसी स्थितियों में मित्रों के करीब आने और एकजुट होने की अधिक आवश्यकता है इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतने में मदद मिलेगी इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति ने भारत सरकार और भारत के लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा था कि भारत का एहसान भुलाया नही जा सकता उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुदृढ़ नेतृत्व न केवल भारत के लिए बल्कि इस महामारी से लड़ने में पुरी मानवता के लिए मददगार है ब्राजील के राष्ट्रपति बोलसोनारो ने भारत से उनके देश को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन बनाने का कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया है राष्ट्र के नाम अपने संदेश में बोलसोनारो ने कोविड नाइन्टीन महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए भारत की जनता के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोविड नाइन्टीन महामारी से उत्पन्न स्थिति को सामाजिक आपातकाल बताते हए कहा है कि सरकार की प्राथमिकता प्रत्येक व्यक्ति का जीवन बचाना है श्री मोदी ने कहा कि देश कड़े निर्णय करने को विवश हो गया है और निगरानी जारी रखनी होगी संसद में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कई राज्य सरकारों जिला प्रशासनों और विशेषज्ञों ने लॉकडाउन की अवधि बढाने का सुझाव दिया है उन्होंने कहा कि इन बदलती परिस्थितियों में देश को अपनी कार्य संस्कृति और काम करने की शैली में बदलाव का प्रयास करना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण गंभीर आर्थिक च्नौतियों का सामना कर रहा है और सरकार इससे बाहर निकलने के लिए प्रतिबद्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आरोग्य सेत् मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की अपील की है उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटने में यह ऐप एक महत्वपूर्ण कदम है यह ऐप महत्वपूर्ण सुचना उपलब्ध कराता है और जितने अधिक लोग इसका उपयोग करेंगे यह उतना ही प्रभावशाली होता जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी लोगों से सुरक्षित रहने के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अपील की है एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि यह ऐप सर्वोत्तम चिकित्सीय सलाह भी देता है श्री जावडेकर ने लोगों से कहा कि हर व्यक्ति संक्रमण मुक्त रहेगा तभी देश संक्रमण मुक्त होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल वीडियो कान्फ्रॅस के जरिए हुई मत्रिमण्डल की विशेष बैठक में कोविड नाइन्टीन महामारी से निपटने के लिए धनराशि जुटाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के वेतन में तीस प्रतिशत कटौती को मंजूरी दे दी है यह धनराशि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए बनाए गए यूपी कोविड केयर फण्ड में जमा की जाएगी मंत्रिपरिषद ने विघायकों और विघान परिषद सदस्यों की निधि को एक वर्ष के लिए यानी वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए अस्थाई रूप से स्थगित करने का भी निर्णय किया है यह धनराशि भी कोविड केयर फण्ड में जाएगी एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिपरिषद ने आपदा निधि को छः सौ करोड़ रूपये से बढ़ाकर बारह सौ करोड़ रूपये करने को भी मंजूरी दी है देश में कोविड नाइन्टीन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने व्यक्तिगत साफ सफाई और समुह में एकत्र न होने का परामर्श जारी किया है सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है लोगों को आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी करते समय धैर्य रखने की सलाह दी गयी है आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचने को भी कहा गया है साथ ही लोगों को हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचने का परामर्श दिया गया है लोगों से कहा गया है कि ये बाजार मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में एक दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाये रखें घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचने और मेहमानों को न बुलाने का भी परामर्श दिया गया है लोगों को अपनी आंख नाक और मृह को छने से बचने और लगातार हाथ साफ करते रहने को कहा गया है अपने हाथों को दोनों तरफ से कम से कम बीस सेकेण्ड तक सादन पानी से धोने की भी सलाह दी गयी है खासी या बुखार से पीड़ित व्यक्तियों को दूसरों के सम्पर्क में आने से बचने को कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर एक शन्य सात पांच जारी किया है प्रदेश सरकार ने भी हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है यह नम्बर है एक आठ शुन्य शुन्य एक आठ शुन्य पांच एक चार पांच